प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टैक्नोलोजी और लीडरशिप फोरम एनटीएलएफ को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप और नवोन्मेषकों से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि टैक्नोलोजी से नागरिको का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टैक्नोलोजी असरदार रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय प्रौद्योगिकी ने न केवल स्वयं को सिद्ध किया बल्कि खूद को विकसित भी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी नई नीतियों के साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में कार्य कर रही है

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने बताया कि इस संशोधन से जिला अधिकारियों के साथ साथ अपर जिला अधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे मंत्रिमण्डल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी

बूंदी जिले के तालेड़ा में प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अध्यापकों को टीका लगाया गया

एक ट्वीट भें श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाकमों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा संदेश भी पढ़कर सुनाया गया

वहीं अधिकतम तापमान बढ़ने से गर्मी का अहसास होने लगा है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सेमीनार का उद्घाटन करेंगे इसमें देशभर के कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे

मृतक हरियाणा और पंजाब के निवासी थे घायलों को श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती करया गया है

पुलिस के अनुसार ये बच्चे पोटास भरकर चला रहे थे इसी दौरान पोटास फट गया ओर बारूद से ये बच्चे झूलेस गये

रैली को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने झंडी दिखाकर रवाना किया